बैठक के दौरान सरकार ने दोनों सदनों की कार्यवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्षो दलों का सहयोग मांगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले डीएमके पार्टी के टी आर बालू तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन नेशनल कांफ्रेंस नेता फारूक़ अब्दुल्ला आल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नवनीत कृष्नन और समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव बैठक में शामिल थे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ब्रहस्पतिवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे बजट पांच जुलाई को पेश किया जाएगा निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की छह सीटों के लिए उप चुनाव की घोषणा कर दी है

मतदान पांच जुलाई को होगा उप चुनाव के लिए छह में से दो सीटें गुजरात से हैं जो मौजूदा सांसदों अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोक सभा के लिए चुने जाने की वजह से खाली हुई हैं बिहार में एक सीट केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण रिक्त हुई है बाको तीन सीटें ओडिसा की हैं निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा सहित सभी सदनों की खाली सीटों के लिए उप चुनाव की अधिसूचना अलग अलग जारी की जाएगी और चुनाव भी अलग अलग होंगे हालांकि चुनाव की तिथियां एक हो सकती हैं कांग्रेस ने मांग की थी कि गुजरात की दोनों खाली सोटों पर एक साथ चुनाव कराए जायें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई नीति आयोग की शासी परिषद की पांचवी बैठक के बाद आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि इस कार्यदल का गठन शीघ्र कर दिया जाएगा और यह अगले दो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा उन्होंने यह भी बताया कि वर्षा जल संचय सूखे की स्थिति और राहत उपायों आकांक्षी जिलों और सुरक्षा से संबंधित विषयों सहित कार्यसूची में शामिल कई अन्य मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री ने निर्यात को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य को अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए श्री राजीव कुमार ने बताया कि वाम प्रभावित उग्रवाद और जम्मू कश्मीर के मसले पर भी विस्तृत चर्चा की गई शिवसेना प्रमुख उद्वव ठाकरे ने सरकार से अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने का आग्रह किया है श्री ठाकरे आज राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने विश्वास ज़ाहिर किया कि राम मन्दिर निर्माण जल्द शुरू होगा और इस काम में शिव सेना अपनी भूमिका निभायेगी श्री ठाकरे के साथ राज्यसभा सदस्य संजय राउत के अलावा शिवसेना के सभी अट्ठारह सांसदों ने रामलला के दर्शन किये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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सूखा घोषित क्षेत्रों में फसल नुकसान की सीमा तैंतीस प्रतिशत से घटाकर बीस प्रतिशत करने का सुझाव दिया है श्री योगी ने कल नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में इस बात पर बल दिया कि किसान केडिट कार्ड की ऋण व्यवस्था को फसल के बजाय जमोन के रकबे के आधार पर पुर्नव्यस्थित करना चाहिए उन्होंने एसडीआरएफ में राहत की विभिन्न मदों में देय सहायता को बढाये जाने और प्रदेश के नक्सल प्रभावित सोनभद्र तथा चन्दौली ज़िलों में सीआरपीएफ कंपनियों की वापसी के आदेश पर केन्द्र से पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया श्री योगी ने कहा कि इन जनपदों में नक्सली संचरण पर अंकुश लगाने के लिए इन सशस्त्र कंपनियों की जरूरत है बैठक में श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की संकल्पना के अनुरूप किसानों महिलाओं सहित प्रदेश के सभी वर्गो के हितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ विकासोन्मुखी नीतियों पर काम कर रही है बैठक में मुख्यमंत्री ने विश्वास ज़ाहिर किया कि केन्द्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास प्रदेश की समस्याओं का निराकरण करने और इसे नई ऊॅचाईयों पर ले जाने में मददगार होंगे

उन्होंने कहा कि ये दोनों स्थल प्रेरणादायी हैं जिनस हर भारतीयों को अपने सैनिकों के पराकम पर गर्व महसूस होता है

श्री मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक ट्वीट सदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह और देशवासी एक बार फिर रेडिया के माध्यम से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे श्री मोदी ने विश्वास ज़ाहिर किया है कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विचारों के व्यापक आदान प्रदान की आशा है उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिये सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माइ जी ओ वी खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं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

प्रदेश में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान पैतालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित है वहीं राज्य के कुछ पश्चिमी हिस्सों झांसी चित्रकूट हमीरपुर फिरोजाबाद मथुरा अलोगढ़ मेरठ हापुड़ सहित अन्य स्थानों पर आज धूल भरी आधी और ब्रंदाबांदी से मौसम में बदलाव हुआ है इन इलाकों में धूल भरी आंधी और हल्की वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी और लू से राहत महसूस हुई है जालौन में गरज और चमक के साथ तेज बारिश होने का समाचार है वहीं उरई में तेज़ हवाओं के चलने से तापमान में लोगों ने कमी महसूस की जबकि तेज़ हवाओं की वजह से कई स्थानों पर पड़ गिर गये हैं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर कल भी धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी का अनुमान व्यक्त किया है केन्द्र ने राज्यों से कहा है कि वह डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों की हिफाजत के लिए अलग से कानून बनाने के बारे में विचार करें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल में पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हुए हमलों के बाद इस संबंध में सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा ह स्वास्थ्य मंत्री ने इस सिलसिले में एक विधेयक का प्रारूप भी मुख्यमंत्रियों को भेजा है श्री हर्षवर्धन ने अलग से कानून बनाये जाने पर बल देते हुए कहा कि इसस डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों को भयमुक्त माहौल में काम करने में ज़्यादा आसानी होगी